प्रदेश में प्राकृतिक उत्पादों के उचित विपणन और प्रमाणन के लिए प्रभावी प्रणाली की जाएगी विकसित उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर ने हथकरघा व हस्तशिल्प के संवर्धन में कारीगरों के लिए राज्यस्तरीय रोजगार योजना तैयार करने के दिए निर्देश भाजपा ने किसानों के आंदोलन को बताया राजनीति से प्रेरित बताया जबकि कांग्रेस ने वार्ता के नाम पर औपचारिकता करने का लगाया आरोप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

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व देने की जरूरत बताई है वे आज शिमला में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उपज का समूहन विषय पर आयोजित नाबार्ड स्टेट केडिट सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने बैंको को प्रदेश के सभी पात्र किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किसान केडिट कार्ड जारी करने पर बल दिया

इस अवसर मुख्यमंत्री ने पांच किसान संगठनों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया सेमिनार में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी अपने विचार व्यक्त किए बैठक प्रदेश में प्राकृतिक उत्पादों के उचित विपणन और प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर मुल्य मिल सके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इससे प्राकृतिक उत्पादों के मांग बढ़ेगी और किसान प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से बाहर रोजगार की तलाश में जाने वाले युवाओं के लिए प्राकृतिक खेती एक लाभप्रद व्यवसाय बन गया है जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी ग्रमीण अर्थव्यवस्था को संभालने में कृषि क्षेत्र ने अहम भूमिका निभाई है बैठक में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों के लिए बेहतर कीमत सुनिश्चित हुई है फ्रांस के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आलिशन लोकोंटो ने फ्रांस से वर्चुअल रूप से बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत है बिक्रम उद्योग मंत्री बिकम सिंह ठाकुर ने प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑनलाईन माध्यमों से उपलब्ध करवाने की संभावानाओं पर कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए है आज शिमला में राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर हस्तशिल्प व हथकरघा और पारंपरिक खिलौना कला से जूड़े कारीगरों के कलस्टर बनाकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करें उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश के खिलौना उद्योग को प्रात्साहित करने पर बल दिया बिकम ठाकुर ने हथकरघा व हस्तशिल्प के संवर्धन में बेहतर काम करने वाले कारीगरों को सम्मानित करने के लिए राज्यस्तरीय पुरस्कार योजना का प्रारूप तैयार करने को भी कहा

वे आज समग्र शिक्षा विभाग द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित कला उत्सव एक विरासत कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे

शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये उत्सव विद्यार्थियों में भारत की सांस्कृतिक विरासत और उसकी जिवंत विविधता के प्रति जागरूकता लाने और उत्सव मनाने का मंच तैयार करता है बैब सेमिनार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा काईम एंड किमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टमस सीसीटीएनएस और इंटर ऑपरेबल किमिनल जस्टिस सिस्टम पर दो दिवसीय बैब सेमिनार आयोजित किया गया है प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडु ने बताया कि सीसीटीएनएस का प्रयोग पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों का डाटा बेस तैयार करने और एक द्रसरे से साझा कर अपराध व अपराधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है संजय कुंडू ने बताया कि गृह राज्यमंत्री किशन रेडडी की अध्यक्षता में आयोजित किए गए सम्मेलन में हिमाचल को पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल को बधाई दी है सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि तीन कृषि कानूनों से किसानों को बिचौलियों से आजादी मिलने के साथ ही फसल बेचने की बंदिशें भी खत्म होंगी

सुरेश कश्यप ने कहा कि पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह तैयार है और पार्टी बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुखों के माध्यम से बड़ी संख्या में अपने प्रतिनिधियों की जीत सुनिश्चित करेगी धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने विपक्षी दलों को किसानों की आड़ में षड़यंत्र की राजनीति छोड़कर राजधर्म का पालन करने की सलाह दी है हमीरपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि विधेयकों से किसानों की आय दोगूनी होगी उन्होंने इन विधेयकों को कृषि प्राथमिकता और किसान हित के लिए सर्वोपरी बताते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने में मोदी सरकार का साहसिक निर्णय बताया है धूमल ने कहा है कि इन कानूनों के लागू होने से जहां आधुनिक टेकनोलॉजी का विस्तार होगा वहीं अन्नदाता केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं से अधिक सशक्त बनेगा उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर जाते ही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल अपने घोषणा पत्रों में कही गई बात से पीछे हटते हुए अब किसानों के साथ खड़े होने का ढोंग कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक दिवालियापन की निशानी है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि आंदोलनरत किसानों के साथ वार्ता के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जा रही है आज शिमला में पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत सरकार इस आंदोलन को लंबे समय तक खिंचने का प्रयास कर रही है राठौर ने कहा कि ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तीन कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते उन्होंने कहा कि देश का किसान एकजुट होकर अपनी मांगो को लेकर अडिग है राठौर ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है उन्होंने कहा कि जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं उन्हें राष्ट्र विरोधी का नाम दिया जाता है राठौर ने प्रदेश क किसानों व बागवानो से किसान आंदोलन को पूरा समर्थन देने का आग्रह किया उन्होंने प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के लिए जारी रोस्टर को पूरी तरह पंचायती राज एक्ट व गाइडलाइंस के विपरीत बताया